मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अन्य लाभ भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत इस साल देशभर में चालीस हजार वेलनेस सेंटर खोलेंगे सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पांच प्रतिशत मंहगाई भत्ते की भी घोषणा की है यह इस वर्ष जुलाई से देय होगा इसका लाभ केंद्र सरकार के पचास लाख कर्मचारियों और पैसठ लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी किए जाने के बारे में आधार संबंधी विवरण की अनिवार्यता में भी छूट दी है यह रियायत इस वर्ष तीस नवंबर तक के लिए होगी राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने गत छह से नौ अक्टूबर तक वेस्ट कामेंग और तवांग जिलों का दौरा किया तवांग में दौरे के दौरान श्री कुमार ने बुमला पास का दौरा किया और वहा पर तैनात भारतीय सैनिकों के साथ मुलाकात की श्री कुमार ने बुमला पास में घूमने आए बड़ी संख्या में पर्यटको के साथ भी बातचीत की और ब्रमला में पर्यटको के लिए उपलब्ध स्विधाओं की समीक्षा की मुख्य सचिव ने मागों गांव में मुख्य सचिव विवेकाधीष कोष के अंदर बी ए डी पी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की दौरे में श्री कुमार ने फमला तवांग में दोरजी खांडू मेमोरियल संग्रहालय और ल्रंगला में जामसे गतसल चिल्रनस कम्यूनीटि का भी दौरा और संस्थान के बच्चों तथा संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की

ये बात श्री बागरा ने कल जर्मनी में आयोजित पांच दिवसीय मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी मेले में कही भारतीय प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार से व्यापार चर्चा के दौरान श्री बागरा ने अरुणाचल को एक अनखोजी उद्योग के रुप में चित्रित किया उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में उत्पादित सभी कृषि बागवानी प्राकृतिक रुप से जैविक है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कृषि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गति प्राप्त कर रहा है आज विश्व डॉक दिवस मनाया जा रहा है अट्ठारह सौ चौहत्तर में यूनिवर्सल पोस्टल के निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर तोक्यों में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा घोषित इस दिन को डाक दिवस के रुप में मनाया जाता है विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जाग़रुकता लाना है आगामी उन्नीस से सत्ताईस अक्टूबर तक बोस्निया और हर्जेगोविना में होने वाले वाकों विश्व किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के जुमी बासर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है श्री बासर का चयन इस साल हरियाणा के रोहतक में आयोजित वाकों भारतीय सीनियर किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में उनासी किलोग्राम लाईट कॉन्टेक श्रेणी के नीचे स्वर्ण पदक जीतने पर किया गया श्री बासर विश्व सीनियर किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य से पहला खिलाड़ी है जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारको को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं निवेशकों को आश्वस्त करते हुए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है निगम ने निवेशकों से कहा कि वे सभी भ्रामक खबरों को नजर अंदाज करें बयान में यह भी कहा गया है कि एलआईसी ने वर्ष दो हजार अटठारह उन्नीस के लिए अपने पॉलिसी धारकों को पचास हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का बोनस घोषित किया है यह अब तक सबसे अधिक बोनस है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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान दो दशमलव सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई